अमरीका ने कहा है कि पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय आतंकवादियो के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये इस्लामावाद पर दवाब डालने के लिये चीन को अंतर्राष्ट्रीय सम्दाय का साथ देना चाहिए ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जैश् ए मोहम्मद सरगना मसूद अज़हर की वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को रोकने चीन के फैसले पर गंभीर निराशा व्यक्त की उल्लेखनीय है कि जैसे ए मोहम्मद ने प्लवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी जिसमें सीआरपीएफ के चालीस जवान मारे गये थे अमेरिका ने पाकिस्तान से भी कहा कि वह अपनी ज़मीन पर पनप रहे जैश् ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आंतकी ग्र्टो पर ठोस और सार्थक कार्रवाई करे अमरीका के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने संवाददाताओं ने आतंकी गुटों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तथा भारत पर एक ओर आतंकी हमला हुआ तो यह पाकिस्तान के लिये बेहद समस्या भरा होगा भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश मे होने वाले विधानसभा च्नावों के लिये अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है

नई दिल्ली में हई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमितशाह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया

च्नाव आयोग ने सभी राजीतिक पार्टियों को च्नाव प्रचार के दौरान सैनिकों और उनके दवारा की गई कार्रवाईयों की तस्वीरें इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि पार्टियों और उम्मीदवारों दवारा किसी विज्ञापन मे सुरक्षा अधिकारी की तस्वीर और उससे सम्बधित समारोह की फोटो लगाने की मनाही की गई है इसी तरह ही राजनीतिक पार्टियों व उममीदवारों को पहले से ही सलाह दी गई है कि वे च्नाव प्रचारअभियान के दौरान स्रक्षा बलों से सम्बधित कोई भी गतिविधि करने से से ग्रेज़ करे

हिसार के नलवा विधानसभा से इनैलो विधायक रणबीर गंगवा भाजपा में शामिल हो गये है

पिछले काफी समय से प्रजापति समाज का प्रतिनिधित्व करने वोल रणबीर गंगवा को लेकर कयास लगाये जा रहे थे कि वो बीजेपी को तरफ जा सकते है